यातायात नियमों का पालन न करने पर देना होगा भारी जुर्माना रेलवे की ई टिकट पर भी लगेगा अतिरिक्त प्रभार

पांच गंभीर घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया नागपुर

बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा

बिना हेलमेट के दुपहिया चलाने पर एक हजार रुपये जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त किया जा सकता है वहीं मध्यप्रदेश के गृह विभाग के प्रमुख सचिव गृह एसएन मिश्रा ने कल राज्य सड़क कोष की बैठक में कहा कि शासकीय अधिकारी भी नये मोटर व्हीकल एक्ट का कडाई से पालन करें एक अन्य निर्णय के तहत आईआरसीटीसी ई टिकट की बढी हई दर वसुलेगा

तीन साल पहले भाजपा की नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सेवा शुल्क वापस ले लिया था

यह दिसंबर माह तक चलेगा गुना जिले में कलेक्टर ने नागरिकों से गणना के लिए सही जानकारी प्रदाय करने का आग्रह किया है उन्होंने बताया कि आर्थिक गणना के माध्यम से एकत्रित की गई जानकारी लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए नीति निर्माण में सहयोग करेगी इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे गोटमार मेला गोटमार मेले का कल शाम समापन हो गया यह मेला मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांदर्णा में पारंपरिक तौर पर मनाया जाता है

इनमें गंभीर रूप से घायल हुए पांच लोगों को उपचार हेतु नागपुर भेजा गया है मान्यता के अनुसार पोला त्योहार के दूसरे दिन पार्दुना और सावरगांव के बीच बहर्ने वाली जाम नदी के दोनों ओर लोग एकत्र होते हैं और सुर्योदय से सुर्यास्त तक पत्थर मारकर एक द्सरे को लहलुहान कर देते हैं मान्यता के अनुसार नदी के एक पार का प्रेमी दूसरी पार की लड़की को लेकर नदी से जा रहा था तभी लड़की के गांव वालों ने दोनों पर पत्थर बरसाये इसके बाद लड़का के गांव वालों ने भी प्रतिकार किया पांईना और सावरगां के बीच इस पत्थरों की बौछार से दोनों प्रेमियों की जाम नदी के बीच ही मौत हो गई इसी की याद में यह मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने एक के बाद एक ट्वीट संदेशों में बताया कि काले धन के खिलाफ सरकार की लड़ाई में यह महत्वपूर्ण कदम होगा और इससे स्विस बैंक की गोपनीयता के युग का अंत हो जायेगा ट्वीट में कहा गया है कि साझा रिपोर्टिंग मानक के अंतर्गत वित्तीय खातों की जानकारी का प्रथम स्वचालित विनिमय आज से शुरू हो जायेगा

कल रात राजधानी भोपाल में झमाझम बारिश हुई मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अनुमान जताया है

राजभवन परंपरा प्रदेश में राजभवन के इतिहास में कल नई परंपरा का आगाज हुआ राजभवन में चोबदार के पद से सेवानिवृत्ति हो रहे चुडामणि शर्मा की विदाई कार्यक्रम में राज्यपाल लाल जी टंडन स्वयं उपस्थित रहे और चोबदार को सम्मानपूर्वक विदाई दी

इस आयोजन का इस वर्ष का विषय है प्रक आहार

मध्यप्रदेष के सभी जिलों में भी यह अभियान संचालित होगा

यातायात नियमों का पालन न करने पर देना होगा भारी जुर्माना रेलवे की ई टिकट पर भी लगेगा अतिरिक्त प्रभार

पांच गंभीर घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया नागपुर